लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी जयराम ने ज्वालाजी और रेणुका जबकि वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला में अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में किया चुनाव प्रचार अभद्र टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती को एडवाइजरी जारी लाहौल स्पिति में फिर बर्फबारी और वर्षा मनाली लेह सड़क से बर्फ हटाने का काम प्रभावित

जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र आज रद्द हुए उनमें हमीरपुर से धर्मेन्द्र पटियाल प्रवीण शर्मा और राजेश कुमार कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रताप सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रकाश चौधरी खुशाल चंद ठाकुर बली राम व नरेन्द्र कुमार और शिमला संसदीय क्षेत्र से अमित नंदा शामिल हैं

चुनाव प्रचार इस बीच प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है और इसमें तेजी आ रही है भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा और सिरमौर ज़िलों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के लिए वोट मांगे कांगड़ा से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र और मंडी से उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में भाग लिया हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने धर्मपुर शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कसौली और हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राम लाल ठाकर ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं कर वोट मांगे जयराम भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने दावा किया है कि प्रदेश में भाजपा को भारी जन समर्थन मिला है और प्रदेशवासी फिर से मोदी सरकार बनाने का मन बना चुके हैं कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के बरोलियां में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा उम्मीदवारों को मिल रहे जन समर्थन से कांग्रेस नेता घबरा गए हैं यही कारण है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कई कांग्रेसी नेता टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जनता को गुमराह करने के लिए गलत व्यानबाजी कर रहे हैं इस मौके पर कांगड़ा से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेन्द्र काकू ने अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने की घोषणा की

प्रदेश में विकास का पहिया थम चुका है और लोग कांग्रेस सरकार में हुए विकास को याद कर रहे है उन्होंने कहा कि सरकार की इस विफलता का सीधा असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा और प्रदेश की जनता कांग्रेस उम्मीदवारों को बड़े अंतर से जिताएगी वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर से पार्टी प्रतयाशी राम लाल ठाकुर और मंडी से आश्रय शर्मा को लेकर उनके बयानों को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप भी लगाया वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये दोनों ही प्रत्याशी पार्टी के सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं और दोनों का जीतना तय है

धूमल वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि भाजपा के लिए देशहित सर्वोपरि है जबकि अपनी अपनी डफली बजा रहे विपक्षी नेताओं को राष्ट्रहित से कोई सरोकार नहीं है और उनके लिए निजी हित ही सर्वोपरि है धूमल आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न नुक्कड़ चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न तो प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा है और न ही विपक्ष किसी एक नाम पर एकमत है उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग का ध्यान रखा है उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार का सहयोग न होने के बावजूद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए केन्द्र से अनेकों योजनाएं लाई हैं अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं उन्होंने इस स्थिति के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिम्मेवार ठहराया है उन्होंने कहा कि शिमला में हुई कथित दुष्कर्म की घटना में अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो इसे आसानी से रोका जा सकता था वामपंथी दल माकपा के राज्य सचिवालय मंडल सदस्य संजय चौहान ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की है सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी झूठ बोलने की मशीन बन गए हैं इसी के चलते उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से झूठी टिप्पणी के अवमानना मामले में अदालत से माफी मांगनी पड़ी है सत्ती ने आज एक बयान में कहा कि ताज़ा घटनाकम में राहुल गांधी की नागरिकता ही संदेह के घेरे में आ गई है यदि ये सच है तो वह प्रधानमंत्री बनना तो दूर सांसद नहीं बन सकते क्योंकि भारत का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि पिछले चुनाव में भाजपा ने देश के लोगों को गुमराह कर केन्द्र की सत्ता हासिल की और लोगों को झूठे सपने दिखाए कुलदीप सिंह राठौर आज सिरमौर जिला के कुपवी और आसपास के इलाकों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे एडवाइज़री केन्द्रीय चुनाव आयोग ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती को चुनाव प्रचार के दौरान अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां करने के लिए एडवाइज़री जारी की है आयोग ने अपनी एडवाइजरी में सत्ती को आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान अपना व्यवहार शालीन बनाए रखने और भाषणों में शब्दों का सही चयन करने की सलाह दी है ताकि स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किया जा सके

सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज कसौली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर वोट मांगे कश्यप ने कहा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में दो बार का चुनाव प्रचार पूरा कर लिया है और उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है उन्होंने धर्मपुर में अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को भी संबोधित किया

धर्मुपर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए अनुराग ठाक्र ने कहा कि जगह और जुरूरत के हिसाब से रंग रूप बदलने वाली कांग्रेस का इस बार चुनावों में जनता हिसाब चुकता कर देगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है इसी के चलते कांग्रेस अब अवसरवादिता पर उतर आई है राम स्वरूप आश्रय मंडी से भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं ने अर्मयादित भाषा के इस्तेमाल की सारी सीमाएं लांघ दी हैं राम स्वरूप शर्मा आज नाचन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे इस बीच कांग्रेस के प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने आज कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया उन्होंने इस दौरान भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा से पूछा कि पांच सालों में वह विकास के ऐसे कौन से काम कर रहे थे जिसके चलते उन्हें आयकर रिटर्न भरने का भी समय नहीं लगा मौसम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है लाहौल स्पिति की ऊंची चोटियों पर आज दिनभर रूक रूक कर हिमपात होता रहा जबकि जिले के निचले हिस्सों में वर्षा हुई है इससे लाहौल घाटी में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है मौसम के इस बदले मिजाज़ से जहां घाटी में आलू और मटर की बिजाई का कार्य प्रभावित हुआ है वहीं खराब मौसम व बर्फबारी के कारण मनाली लेह सड़क से बर्फ हटाने के कार्य में बाधा आई है इसके चलते रोहतांग दर्रा खुलने में बिलम्ब हो सकता है लाहौल घाटी में ताज़ा बर्फबारी और वर्षा ने लोगों की मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं